प्रधानमंत्री आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से झारखंड समेत छह राज्यों के छह शहरों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे

सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी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

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि प्रत्येक नववर्ष नई शुरुआत का अवसर देता है और व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास की प्रक्रिया पर जोर देता है उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न कठिन स्थिति में सभी लोगों को एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा श्री कोविंद ने कहा है कि यह समय सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का भी है ताकि विविधता में एकता का विश्वास सुदृढ़ हो सके उन्होंने लोर्गो से प्रेम सहानुभूति और सहनशीलता की भावना की सीख देने वाले समावेशी समाज के निर्माण के लिए मिलजुल कर काम करने की अपील की उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नववर्ष एक ऐसा अवसर है जहां नई उम्मीदों और मिलजुल कर रहने की भावना को मजबूती मिलती है उन्होंने कहा कि नववर्ष का स्वागत नई उम्मीदों की भावना के साथ होना चाहिये क्योंकि हमने एक ऐसे वर्ष को विदा किया है जिसने लोगों को एक सबसे विनाशकारी महामारी के माध्यम से जीवन के कई सबक दिये उप राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि सभी लोग चुनौतियों का सामना दृढ़ता आत्मविश्वास और एकजुटता की भावना से करेंगे तथा नये वर्ष का स्वागत इस महामारी को हराने के लिए नये सिरे से प्रतिबद्धता के साथ करेंगे

राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य वासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में श्रीमती मुर्म ने कहा है कि नववर्ष दो हजार इक्कीस राज्य के लिए उम्मीदों का वर्ष है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते वर्ष के अनुभव और कोरोना संक्रमण से मिली चुनौतियों को नए अवसर में बदलने का संकल्प दुहराया है राज्यभर में लोगों ने उत्साह के साथ नए वर्ष का स्वागत किया राजधानी रांची में कई जगह युवाओं ने देर रात तक नए साल के स्वागत का जश्न मनाया कई होटलों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सरकार के निर्देशों के अनुरूप जश्न की तैयारी की गई थी आज सुबह से ही लोग मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से इन्दौर में झारखंड समेत छह राज्यों के छह शहरों में वैश्विक आवासीय प्रौद्योगिकी चुनौती जीएचटीसी भारत के तहत लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री देश में सस्ते और टिकाऊ आवासीय उत्प्रेरक आशा के तहत विजेताओं की घोषणा भी करेंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लागू करने में उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार भी प्रदान करेंगे

आवासन और शहरी मामलों के मंत्री तथा झारखंड त्रिपुरा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश गुजरात तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे इस तरह के निर्माण कार्य झारखंड में रांची मध्यप्रदेश के इंदौर गुजरात के राजकोट तमिलनाडु के चेन्नेई त्रिपुरा में अगरतला और उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किये जा रहे हैं हर जगह इस तरह के एक हजार आवासों का निर्माण होगा यह निर्माण कार्य बारह महीने के अंदर पूरे कर लिये जाने की संभावना है ऐसे निर्माण में कम लागत आयेगी वे दीर्घकालिक और उच्च ग्रणवत्ता वाले होंगे

राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों शहरी निकायों और लाभार्थियों के विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने में उत्कृष्टता के वार्षिक पुरस्कारों की शुरूआत की है

देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग लगवाने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है अब पंद्रह फरवरी तक चार पहिया वाहनों पर फास्टैग लगवाया जा सकेगा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

टोल प्लाजा पर नकदी का उपयोग बंद करने के लिए दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर बाकी सभी लेन में सिर्फ फास्टैग से भुगतान लिया जाएगा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

केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के स्वास्थ्य सचिव और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की बैठक के बाद बताया गया कि सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम तीन स्थानों पर टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा कुछ राज्यों में चुनिंदा जिलों में भी यह अभ्याास किया जाएगा महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा यहाँ के सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण का अभ्यास किया जाएगा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

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र ने और पैंतीस करोड़ सीरिंज के लिए बोलियां भी आमंत्रित की हैं कोविड वैक्सीन के लिए सरकार ने तीस करोड़ लोगों को प्राथमिकता दी है जिनमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता अग्रिम कार्यकर्ता और स्वच्छता कर्मचारी शामिल हैं कोविड टीकाकरण को लेकर रामगढ़ सिविल सर्जन कार्यालय में डीआरसीएचओ डॉ बिनय मिश्र और एसएमओ डॉक्टर अमोल कुमार ने जिले के निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम के प्रतिनिधियों को कोविड टीकाकरण के संबंध में सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी

राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी यह शर्त लागू रहेगी सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से दस जून तक आयोजित की जाएगी परीक्षा का परिणाम पंद्रह जुलाई को घोषित किया जाएगा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परीक्षा की तारीखों की घोषणा करते हुए कहा कि प्रायोगिक परीक्षाएं एक मार्च से शुरू होंगी

नई दिल्ली में कल किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ केन्द्र सरकार की छठे दौर की बातचीत सम्पन्न हई बैठक में केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर पीयूष गोयल और सोम प्रकाश शामिल हए बैठक के बाद कृ षि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि बातचीत अच्छे वातावरण में सकारात्मक रूप से संपन्न हई कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए दोनों पक्षों को कदम आगे बढाने की जरूरत है श्री तोमर ने कहा कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड को देखते हुए किसान नेताओं से बुजुर्गो महिलाओं और बच्चों को वापस घर भेजने का अनुरोध किया गया है अखबारों की सुर्खियां लगभग सभी अखबारों ने कल झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना टीकाकरण के रिहर्सल की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने इस खबर को सुर्खी दी है कल देश में वैक्सीन रिहर्सल साथ ही भास्कर ने सीबीएसई बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की परीक्षा को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक हिन्दुस्तान ने कोरोना टीकाकरण की खबर को अपने पहले पन्ने पर जगह दी है साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो के निधन की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री द्वारा लाईट हाउस परियोजना के ऑनलाइन श्लिान्यास की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गो पर पंद्रह फरवरी तक नगद टॉल चुकाने की खबर को भी पहले पन्ने पर जगह दी है जागरण ने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के ओपेरा हाउस में नए वर्ष के स्वागत की तस्वीर को भी प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने टीकाकरण की खबर को शीर्षक दिया है कल झारखंड समेत पूरे देश में कोरोना टीकाकरण का ड्राइरन रांची एक्सप्रेस ने कोरोना वैक्सीन के ड्राइरन और सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की परीक्षा के अलावे जमशेदपुर के एक होटल में ग्यारह लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने कोरोना टीकाकरण के अंतिम चरण की तैयारियों और ड्राइरन की खबर के साथ सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की खबर को भी पहली पन्ने पर सुर्खी बनाई है द टाईम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना टीकाकरण से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर स्थान देते हुए लिखा है कि टीकाकरण के लिए छियानबे हजार स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है अखबार ने प्रधानमंत्री द्वारा आज लाईट हाउस परियोजना के ऑनलाइन शिलान्यास से संबंधित खबर को भी प्रमुखता से प्रकाशित किया है